राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा विकास योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के कल्याण में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका

हैली टैक्सी शिमला से चण्डीगढ़ के बीच हैली टैक्सी सेवा आज से शुरू हो गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से सुबह आठ बजे हेली टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज व प्रसिद्ध पर्यटन गण्तव्यों के लिए हवाई सुविधा मिलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने हेली टैक्सी सेवा को प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरुआत करार दिया जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रथम चरण में ये सेवा सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपना आधिकारिक हैलीकॉप्टर आम लोगों की आवाजाही के लिए प्रदान किया है

इस मौके सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट पवन हंस के मुख्य प्रबंध निदेशक और पर्यटन विभाग के निदेशक सुदेश मोक्टा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल विकास योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों के संरक्षक और पथ प्रदर्शक होते हैं और वे संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुसार शासन चलाने में राज्यपालों का विशेष स्थान है

उन्होंने कहा कि राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले और अध्यापकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से समय पर करने को सुनिश्चित बनाने में राज्यपाल मदद कर सकते हैं सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यपाल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव बांट सकते हैं ताकि लोगों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहल का अधिकतम लाभ मिल सके

इस मौके पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए

धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अब एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएगी

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार एक नई योजना अखण्ड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती शुरू कर रही है जिसके तहत जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा गोविंद ठाक्र वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के अधिवेशन में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने की गोविंद ठाकुर ने प्रदेश में पर्यावरण प्रभाव से संबंधित मुद्दों के संबंध में चर्चा की और राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की

केन्द्रीय मंत्री ने इस संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए जल्द अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक के उचित निष्पादन व प्रबंधन के लिए प्लास्टिक कचरे से उर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों की स्थापना भी की जा रही है

मृतक महिला के शव को मण्डी जिला अस्पताल भेजा गया है जहां एम्बेसी से अधिकारियों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा इधर कुल्लू जिले में सैंज लुहरी औट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आज सुबह एक गाड़ी के सतलुज नदी में गिरने से दो लोगों के बहने की आशंका है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस गाड़ी की तलाश कर रही है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के लिए जलापूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक की

कल पांच जून को भराड़ी रूलदुभट्टा कैथू अनाडेल समरहिल टुटू मंज्याट बालूगंज कच्चीघाटी ट्रटीकण्डी कनलोग नाभा व फागली क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि हमीरपुर मैडिकल कॉलेज इसी सत्र से आरम्भ होगा और इसके लिए सभी प्रबंध व औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं

भेंट मंडी के कमांद स्थित आईआईटी के निदेशक तिमोथी ए गौंसल्वज ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की उन्होंने मुख्यमंत्री को संस्थान की विशेष पहलों के बारे में अवगत कराया